इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब भी दिये श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जनता से सीधा जुड़ाव होना जरूरी है योजना का लाभ हर वर्ग तक पहंचे इसके लिए कार्यकर्ता को सभी सम्पर्क सुनिश्चित करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत यही भाजपा की सबसे बडी शक्ति है

उसमें कार्यकर्ता क्या कर सकता है

संवाद के दौरान केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड और विधानसभा उपाध्यक्ष और शाहपुरा के विधायक राव राजेन्द्र सिंह शाहपुरा में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे कार्यक्रम के बाद श्री राठौड ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने एप के जरिये जयप्र के ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की

कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड आज ही शाहपुरा में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का उद्घाटन किया

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अस्थाई अनुमानों के अनुसार इस वर्ष जुलाई में औद्योगिकी उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले छह दशमलव छह प्रतिशत अधिक रही

अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम आरूषि मलिक ने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग पंचायतीराज के सहयोग से प्रदेशभर में ग्राम पंचायत स्तर पर बेटी पंचायत आयोजित कर आमजन को बेटी बचाओ का संदेश दिया जायेगा

इस कार्यकम में पोषण के बारे में जानकारी दी जायेगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो की ओर से सवाईमाधोपुर जिले के जाटौली गांव में साफ नीयत सही विकास देश का बढता जाता विश्वास जागरूकता कार्यकम आज सम्पन्न हुआ कार्यकम के माध्यम से ग्रामीणों को केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकादी दी गई प्रदेशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा हैं गणेश मंदिरों में विभिन्न आयोजन हो रहे है जयपुर के मोतीडूंगरी स्थित गणेश मंदिर में दर्शन के लिये लोगों की लम्बी कतारें देखी जा रही हैं इस अवसर पर मेले में श्रद्धालुओं की भीड को देखते हुए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है इधर रणथम्भौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्वालुओं के लिये विशेष रेलगाडी भी चलाई गई है यहां मेले में गणेश जी के जन्म की झांकी मुख्य आकर्षण बनी हुई है

राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि गणपॅति मानव जॅीवन की लय है यह पर्व बुद्धि ज्ञान और प्रभावी संवाद का प्रतीक है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गणेश जी ने माता पिता को सर्वोच्च सम्मान दिया उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि माता पिता और बड़े बुज्गों के प्रति श्रद्धा रखने वालों के प्रति समाज भी आदर का भाव रखता है बूंदी के ऐतिहासिक कजली तीज मेले का आज पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया पंद्रह दिन चले इस मेले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए नगर परिषद ने मेले में लगी दुकानों को तीन दिन तक बढ़ाये जाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री आवास योजना प्रतापगढ जिले के निवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है इस योजना से लोग अपने घर का सपना आसानी से पूरा कर रहे हैं

नागौर जिले के अमरपुरा गांव में टैंकर और पिकअप की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई तथा एक घायल हो गया उधर अजमेर जिले के नसीराबाद के बाद तालाब में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई ये छात्र नहाने के लिए तालाब में उतरे लेकिन गहराई में जाने से डूब गये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने सीकर में आबकारी विभाग के कॉन्स्टेबल को पन्द्रह सौ रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है